राज्यपाल ने प्रदेश के लोगों में स्रक्षा की भावना पैदा करने और द्रर दराज के मुश्किल इलाकों में समय पर राशन पहंचाने में सहायता को जारी रखने का सुझाव दिया राज्यपाल ने कहा कि मानवीय सहायता के लिए प्रदेश में वाय्सेना के हेलीकॉप्टरों की सेवा लेने से संबंधित पेंडिंग बिलों के मुद्दों को जल्द स्लझा लिया जाएगा राज्यपाल ने ईस्टर्न एयर कमांड द्वारा प्राकृतिक आपदा के दौरान मानवीय आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाएं और राहत एवं बचाव कार्य के लिए सराहना की इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने हाल ही में भारत तिब्बत सीमा से लगे राज्य के दूर दराज के गांवो में अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक के बारे में अन्भव को साझा करते हए कहा कि भारतीय वाय् सेना द्वारा आपात स्थिति में इन गांवों के लोगों की सेवा काबिले तारीफ है इससे पहले एयर मार्शल अमित देव ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय वाय्सेना की तैयारियों मानव सहायता के लिए उठाए जाने वाले नए कदमों और योजनाओं के बारे में बैठक में जानकारी दी

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त जोतम तोको ओबी सहित कई अधिकारी मौजूद थे संवाददाताओं से बातचीत में विधायक फुरपा सेरिंग ने कहा कि दिरांग में ट्रेजरी ऑफिस स्थापित होने से स्थानीय लोगों को स्टैप और विभिन्न अधिकारिक कार्यों के लिए ट्रेजरी श्ल्क जमा करने में सुविधा होगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और विभिन्न प्रमाणपत्रों की जरुरतों को प्रा करने के लिए लोगों की सुविधा के अनुसार सरकारी कार्यालयों की स्थापना को प्राथमिकता दे रही है

राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ इकहत्तर है जबकि तेरह हजार से ज्यादा मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है रविवार को कोविड संक्रमण के केवल उनतीस नए मामले दर्ज किए गए रविवार को आए संक्रमण के नए मामलों में से ग्यारह मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से जबकि वेस्ट कामेंग और पापमपारे से पांच पांच नए मामले दर्ज किए गए वहीं वेस्ट सियांग से दो और सियांग अपर सुबनसिरी नामसाई लेपारादा और ईस्ट सियांग से एक एक मामले दर्ज किए गए

इसके अंतर्गत बच्चों को सही तरीके से मास्क लगाने हाथों को सेनेटाइज करने और अपने आपको स्वच्छ रखने के बारे में सिखाया गया बच्चों ने कोविड पर चित्रकला और लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया स्टेप टूवर्ड्स ह्यूमेनिटी गैर सरकारी संगठन की उपाध्यक्ष ओमे छेत्री ने बताया कि संस्था की ओर से जरुरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता के साथ साथ खाद्य सामग्री भी वितरित की गई

पुलिस के अनुसार असम से सीमेंट लेकर आ रहा ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या चार सौ पंद्रह पर चिंपू के निकट ब्रेक फेल हो जाने के कारण पलट गया पुलिस के अनुसार दुर्घटना में बचे ट्रक ड्राइवर ने ही दुर्घटना की सूचना दी जिसके बाद पुलिस के साथ साथ एन डी आर एफ की टीम बचाव कार्य के लिए दुर्घटना स्थल पहुंची जे सी बी मशीण और क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे दबे हैंडीमेन को बाहर निकाला गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका अट्ठारह वर्षीय मृतक असम के नलवाड़ी जिले के रहने वाला था पुलिस के अनुसार इस मामले में आगे की जांच के लिए ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है

सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रवेश द्वार पर छात्रों शिक्षकों और कर्मचारियों समेत सभी की स्क्रीनिंग की गई